इस पूर्वाभ्यास के तहत क्रत्रिम टीकाकरण प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों को वैक्सीन के नमूने दिए जाएंगे इसका उद्देश्य वैक्सीन शुरू करने की तैयारियों की जांच करना है

इनमें राजधानी जयपुर सहित भीलवाड़ा करौली अजमेर बांसवाड़ा जोधपुर और बीकानेर जिले शामिल हैं

वे लम्बे समय से बीमार चल रहे थे श्री बूटा सिंह जालौर लोकसभा सीट से कई बार सांसद चुने गए वे बिहार के राज्यपाल भी रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों और पिछड़े लोगों के हित के लिए आवाज उठाई थी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है

प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर उद्यान के पक्षियों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार एवियन इनफ़्लूएंजा दूसरे पक्षियों में भी फैल सकता है और यह उद्यान में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है

आज कई जिलों में हल्की बारिश हुई दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में मावठ की बरसात होने से किसान काफी खुश हैं इस बारिश से फसलों को लाभ होगा